प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अंतिम चरण में पहुंच चुकी है इसलिए यह प्रक्रिया प्रतिदन जारी रहेगी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को अपने एक पड़ोसी से अलग तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और यह चुनौती उसका व्यवहार सामान्य होने और सीमापार से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई किए जाने तक बनी रहेगी

श्री जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमशा से ही भारत का हिस्सा रहा है पीओके पर हमारा नजरिया पहले अब और बाद में भी हमेशा से बहुत स्पष्ट रहा है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है हम ये आशा करते हैं कि ये एक दिन यह हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा

अपने मंत्रालय के सौ दिन के कामकाज के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लक्ष्यों में तालमेल सरकार की प्रमुख उपलब्धि है विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि आज विदेशी मामलों को तय करने के बारे म भारत की योग्यता पहले से कहीं ज्यादा है

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सीमाओं का इतिहास लिखे जाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है उन्होंने कल इस बारे में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय राष्ट्रीय अभिलेखागार गृहमंत्रालय विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में बैठक की रक्षा मंत्री ने कहा कि आम जनता और अधिकारियों को सीमाओं की बेहतर समझ के लिए देश की सीमाओं का इतिहास लिखा जाना जरूरी है इस परियोजना के तहत सीमाओं के सीमांकन सुरक्षा बलों को भूमिका और सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के सामाजिक आर्थिक जीवन और संस्कृति को भी शामिल किया जायेगा इस परियोजना के दो वर्ष के अंदर पूरा हो जाने की उम्मीद है

उन्होंने कहा कि विशाल और वैश्विक महत्व वाला देश हथियारों के लिए आयात पर निर्भर नहीं रह सकता

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली सरकार के नवम्बर में वाहनों की सम विषम व्यवस्था के खिलाफ दायर आवेदन पर सुनवाई से इंकार कर दिया है आवेदनकर्ता ने अपने आवेदन में कहा था कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सम विषम व्यवस्था के दौरान पूर्व में किये गये सर्वेक्षणों से पता चला था कि इस व्यवस्था से पर्यावरण प्रद्रषण में कोई कमी नहीं आई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

सम्मेलन में विधान सभाओं के प्रमुख सचिवा के साथ भारत के सभी राज्य विधान सभाओं और केन्द्र शासित प्रदेश की विधान सभाओं के अध्यक्ष भाग लेंगे उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष श्री दीक्षित के साथ विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे विधान परिषद के प्रमुख सचिव राजेश सिंह एवं विशेष कार्याधिकारी पंकज मिश्र जायेंगे

सीपीसी का आयोजन लंदन मुख्यालय के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की ओर से किया जा रहा है प्रदेश में कई भागों में भारी बारिश और विभिन्न बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है

मुख्यमंत्री ने प्रयागराज और वाराणसी में बाढ़ की गम्भीरता को देखते हुये लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ अधिकारियों को पूरी चौकसी बरतने के निर्देश दिये हैं गौरतलब है कि गगा नदी प्रयागराज वाराणसी गाजीपुर और बलिया में खतरे के निशान से ऊपर है जबकि तीन अन्य स्थानों पर खतरे के निशान के करीब है वहीं यमुना नदी का जल स्तर औरैया कालपी हमीरपुर चिल्लाघाट बांदा में खतरे के निशान से ऊपर है नैनी प्रयागराज में खतरे के निशान से नीचे लेकिन बढ़ाव पर है घाघरा शारदा और बेतवा नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि वाराणसी में सभी प्रमुख घाट बाढ़ की चपेट में हैं और गंगा आरती का स्थान बदल दिया गया है और ब्योरा हमारे संवाददाता से गंगा यमुना चंबल और घाघरा नदियों के सीमावर्ती निचले इलाकों में हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को राहत और बचाव कार्यो में लगाया गया है सैकड़ों लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है और फतेहपुर आगरा कौशांबी बलिया प्रयागराज और वाराणसी सहित कई जिलों में अनेक गांव पानी में धिरे हुए हैं चित्रकूट में बाढ़ और भारी बारिश के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया है

मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों में प्रदेश के मध्य और पूर्वी इलाके में भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ कुशीनगर में बूढ़ो गंडक तमकुहीराज क्षेत्र में चेतावनी बिन्दु के पार बहकर तटवर्ती क्षेत्रों में कटान कर रही है अयोध्या जनपद में सरयू का जलस्तर तटीय क्षेत्रों में गन्ने की फसल का न्कसान पहुंचा रहा है

इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित लोगों की मदद करने का आहवान किया है उन्होंने कहा कि जन सहयोग से राहत सामग्री एकत्रित कर बाढ़ प्रभावितों तक पहुंचायें प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य लगातार विकास कर रहा है उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी और भ्रष्टाचार चरम पर था उन्होंने कहा कि विद्युत व्यवस्था बेहद खराब थी और केवल पांच जिलों को ही बिजली दी जाती थी श्री शर्मा आज मेरठ में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे श्री शर्मा ने कहा कि सरकार के पिछले तीस महीने जनता के विश्वास पर खरे उतरे हैं राज्य में बुनियादी व्यवस्थाएं पूरी करते हुये बेहतर सेवायें देने का काम किया जा रहा है